देश में लगातार रूपये की कीमती में गिरावट आने और वितीय बाज़ार के अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता आने के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई नियामक उपायों की घोषणा की है

गवर्नर ने कहा कि खरीफ की बिजाई के लिए मानसून से पहले की हवायें सक्रिय हो गई है और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून आम की तरह रहने की भविष्यवाणी की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई घोषणाओं से नकदी में वृद्वि और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि इन कदमों से हमारे छोटे उद्योगों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी और ये सभी राज्यों के लिए वेतन और संसाधन बढ़ाने में भी मददगार होंगे आकाशवाणी से बातचीत करते हये नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव क्मार ने कहा कि रिज़र्व बैंक दवारा किये गये उपायों से मार्किट में नकदी बढ़ेगी और यह लोगों के जीवन और आजीविका के लिए फायदेमंद होगी केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने तालाबंदी के दौरान अनाज और फल सब्जियों की पुलाई के लिए किसान रथ मोबाइल एप्प की शुरूआत की है यह मोबाइल एप्प राश्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा तैयार की गई है इस एप्प से किसानों और व्यापारियों को कृषि एवं बागवानी उत्पादों की पुलाई के लिए वाहन पूंधने में आसानी होगी इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि तालाबंदी के दौरान कृषि गतिविधियां जारी रहेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश पर कृषि क्षेत्र में छूट दी गई है कृषि मंत्री ने कहा कि किसान रथ एप्प देश में किसानों व्यापारियों और सहकारी संस्थाओं को कृषि उत्पाद मंडियों तक ले जाने के लिए वाहन ्रूं ने में मदद करेगी

आज नई दिल्ली में मीडिया को सम्बोधित करते हये मंत्रालय के संय्क्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सरकार इस अन्पात में और स्धार के लिए प्रयास कर रही है

उन्होंने बताया कि राज्यों को पांच लाख रेपिड प्रतिरक्षी जांच किट दी जा रही है विशेषकर उप जिलों में ये किट पहुंचाई जा रही है जहां संक्रमित व्यक्तियों की गिनती ज्यादा है उन्होंने बताया कि मंत्रियों के समूह ने तालाबंदी पर आगे रणनीति के लिए आज एक बैठक की है

उन्होंने कहा कि नई रेपिड और बिल्कुल सही जानकारी देने वाली ऐसी जांच किट विकसित करने पर काम किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार वायरल रोग के श्रेणीबदव करने एवं दवा विकसित करने के लिए काम कर रही है

पत्रकार वार्ता में बोलते ह्ये गृहमंत्रालयकी मुख्य सचिव प्ण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि वन विभाग क्षेत्रों में वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों दवारा छोटे छोटे वन उत्पादन और लकड़ी के बिना वन उत्पादन को एकत्रित करने कटाई करने और प्रोसेसिंग करने पर तालाबंदी के दौरान कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया

हमारे संवाददाता ने बताया कि आज नूहं में पांच और पंचकुला में दो व्यक्ति कोरोना वायरस से सक्रमित पाये गये जबकि पलवल के सात न्हूं से तीन यम्नानगर से तीन फरीदाबाद से दो और हिसार व सिरसा से एक एक और सिरसा में दो मरीज़ को स्वस्थ होने के बाद छ्ट्टी दी गई

हरियाणा का करनाल जिला कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर है

कल्पना चावला मेडिकल कालेज के निदेशक डॉ जगदीश चंद द्रेजा ने कहा कि द्सरी रिपोर्ट भी नेगीटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जायेगी उन्होंने कहा कि करनाल सुरक्षित ज़ोन बनने की ओर बढ़ रहा है और ये जिलावासियों के लिए एक अच्छी खबर है

जमातियों के सम्पर्क में रही गांव रोड़ी की महिला की दूसरी रिपोर्ट नेगीटिव आने के बाद उसे अस्पताल ने छट्टी दे दी गई है मुख्य चिक्तिसा अधिकारी डा सुरेन्द्र नैन व अन्य स्टाफ सदस्यों ने जिले की अंतिम मरीज़ को अस्पताल से विदा करते सयम तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया और एम्बूलेंस में उसे घर भेजा गया

उन्होंने कहा कि सिरसा में मरीज़ों की संख्या शून्य रहे इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह चौकस है

यह एकत्रित राशि गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन और प्राधिकरण से जुड़े ठेकेदारों एवं विक्रेताओं द्वारा दान में दी गई है तालाबंदी के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए उठाये गये कदमों से केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के लाभार्थियों ने राहत महसूस की है हरियाणा में क्रूक्षेत्र की नीरज़ देवी ने तालाबंदी के दौरान सरकार के प्रयासों की सराहना की है वहीं निशा और लक्ष्मी देवी ने कहा कि जन धन खाते में आई राशि से उनहें राहत मिली है इस पैसे से उन्होंने राशन खरीदा है हरियाणा के कई क्षेत्रों में तेज़ बरसात और ओलावृष्टि हई है अम्बाला में आई तेज बरसात से जहां एक और तापमान में गिरावट दर्ज की गई तो वहीं दूसरी ओर इस बरसात में किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं इन दिनों खेतों में गेहूं कटाई चल रही है लेकिन आज बरसात के कारण कटाई का कार्य बीच में ही रुक गया सिरसा में अभी अभी कई स्थानों पर तेज़ आंधी के बाद बारिश हुई साथ ही ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया मौसम के बदलाव और बरसात ने किसानों के लिए समस्या पैदा कर दी